मौसम विभाग ने आज और कल निचले व मध्यवर्ती क्षेत्रों में गरज के साथ वर्षा व ओलावृष्टि की चेतावनी की जारी

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज शिमला में हुई एक बैठक में ये फैसला लिया गया और अधिक ब्यौरे के साथ हमारे संवाद्दाता प्रदेश में कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने आज से लागू किए गए कर्फ्यू का लोगों से पालन करने का कहा है

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्फ्यू के दौरान ज़िला प्रशासन के साथ प्रभावी व बेहतर तालमेल के लिए जिला स्तरीय समन्वय समिति गठित की गई है ताकि लोगों को किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों से कर्फ्यू का पालन करते हुए हिमाचल को कोरोना से बचाने का आग्रह किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी की निगरानी के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं कर्फ्यू ढील इस बीच प्रदेश में लगाए गए कर्फ्यू के दौरान लोगों को आवश्यक वस्तुओं की खरीददारी के लिए दुकानें कुछ समय के लिए खोली जाएंगी

ज़िला उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा है कि आदेशों की अवेहलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी कांगड़ा जिला उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने आज एक प्रैसवार्ता में बताया कि कर्फ्यू के दौरान जिले में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रखने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है और लोग आराम से इन दुकानों से राशन ले सकते हैं

सम्बोधन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अब से कुछ देर बाद आठ बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे

मंत्रालय ने कहा है कि इस समय प्रामाणिक और विश्वसनीय जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए संचार साधनों का सुचारू रूप से काम करना अति आवश्यक है मंत्रालय ने आगे कहा कि संचार साधनों का सुचारू संचालन कोरोना के बारे में अद्यतन जानकारी देने के लिए भी आवश्यक है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि असत्य और आधारहीन समाचारों से बचना चाहिए और इस दिशा में सही नीतियों को प्रोत्साहित करने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है अनुराग केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार देशवासियों के साथ है आज नई दिल्ली में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए आम आदमी और कारोबारियों को आयकर ब्याज में रियायत रिर्टन और अन्य नियमों की पालना में कई प्रकार की छूट देने का निर्णय लिया गया है

उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं द्वारा अगले तीन महीने के लिए डेबिट कार्ड से किसी भी बैंक एटीएम से पैसा निकालने पर किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगेगा कोरोना प्रतिबंध प्रदेश में कोरोना वायरस से अभी तक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है

इस व्यक्ति ने कुछ दिन पहले ऊना ज़िला के अम्ब शहर में एक रैस्तरां में खाना खाया था जिसे प्रशासन ने सील कर सभी कर्मचारियों को क्वारंटाइन कर दिया है उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि मृतक के सम्पर्क में आने वाले सभी लोगों की पहचान की जा रही है उधर चंबा जिला में पंजाब से आई एक युवती को स्वास्थ्य विभाग ने होम क्वारंटाइन में रखा है और जांच के लिए सैम्पल टांडा मैडिकल कॉलेज भेजे गए हैं हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक प्रारम्भिक जांच में युवती में कोरोन से संबंधित कोई लक्षण नहीं है

ऊना से जारी एक प्रैस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा है कि कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि काम पर रखे गए मजदूरों को राशन के पैसे नहीं देने संबंधी शिकायतों पर ठेकेदारों के विरूद्व कड़ी कार्रवाई की जाएगी कोरोना से बचने के लिए लोगों को स्वच्छता पर ध्यान देने को कहा है मौसम प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है और जनजातीय जिला लाहौल स्पिति व किन्नौर सहित कुल्लू जिले की उंची चोटियों पर सुबह से ही हल्का हिमपात जबकि निचले क्षेत्रों में वर्षा हो रही है रोहतांग दर्रा बारालाचा और कुंजम दर्रे पर बर्फबारी से ठण्ड बढ़ गई है और रोहतांग दर्रे से बर्फ हटाने का कार्य प्रभावित हुआ है लाहौल घाटी में बीजाई कार्य में भी विलम्ब हो रहा है इधर राजधानी शिमला सहित निचले जिलों में आज बाद दोपहर से रूक रूक कर वर्षा हो रही है मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश के निचले व मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ वर्षा व ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है जबकि उंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की सम्भावना जताई है

राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर बरती जा रही एहतियात को संतोषजनक बताया है शिमला से जारी एक प्रैस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन की अवहेलना को रोकने के लिए प्रदेश में लगाया गया कर्फ्यू एक सही कदम है कुलदीप राठौर ने कहा है कि कर्फ्यू के दौरान गरीब और मजदूरों को राशन की पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए